अस्थाई अध्यक्ष डॉ विरेन्द्र कुमार नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिला रहे हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार कल भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरेंद्र कुमार खटीक को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई श्री खटीक टीकमगढ़ से सांसद हैं संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नये लोकसभा सांसदों का स्वागत किया इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि संसद सुचारू रूप से कामकाज करे तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है

उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की मजबूत भागीदारी से इनका समाधान संभव है श्री जावड़ेकर ने कहा कि मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखकर भूमि की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है स्वस्थ और उर्वरक भूमि से न केवल पर्यावरण की समस्याओं से निपटा जा सकेगा बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे डॉक्टर हड़ताल कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है सुबह से ही प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं भोपाल में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया सुल्तानिया समेत इंदौर जबलपुर और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं इससे ओपीडी समेत इमर्जेंसी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं मोपाल में डॉक्टर सड़कों पर उतर गए हैं और उन्होंने डाक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की है डॉक्टरों का कहना है कि हम कुछ नहीं चाहते काम करते हैं और करते रहेंगे लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताया है

इस अवधि में मत्स्याखेट मछली का विक्रय एवं परिवहन तथा विनियम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा शिवपुरी से हमारे संवाददाता को प्रभारी कलेक्टर एचपी वर्मा ने बताया है कि मध्यप्रदेश नदीय नियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है प्रतिबंध तोड़ने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी